तो ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारत ज्ञान के जीवंत केंद्र के रूप में उभर कर सामने थ एगा श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तक हर किसी की पहुंच सुनिश्चित करने को सबसे अधिक महत्व दिया गया हथ इसके अलावा शिक्षा के लिए बेहतर ब्नियादी ढांचे नवाचार पर ः धारित शिक्षा केंद्रों के जरिए स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वालों को फिर से शिक्षा की म्ख्यधारा में लाने और सीखने के अनेक तरीके उपलब्ध कराने पर भी नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया हथ प्रधानमंत्री ने कहा कि दस जमा दो वाले स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की जगह पांच जमा तीन जमा तीन जमा चार वाले पाठ्यक्रम के लागू होने से बच्चों को बड़ा फायदा होगा इस तरह का पाठ्यक्रम बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए दुनियाभर में अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों के भी अन्रूप होगा

नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल हा

एनसी रटी ठ वर्ष की यु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शक्षणिक ढांचा विकसित करेगा

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को बधाई दी

नये दिशा निर्देश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अन्भव तथा संबंधित मंत्रालय और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर धारित हैं नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई हण अगले महीने की पांच तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई हण हालांकि इन दोनों जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक एसओपी जारी करेगा

मुख्य सचिव ओमप्रकाश भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी ओमप्रकाश को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया हथ सरकारी सूचना के अनुसार अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह का स्थान लेंगे जो कल सेवानिवृत हो रहे हैं

पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि पर्यटकों को सीमांत गांव की यात्रा करने पर सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा जिससे ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा काबीना मंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिहवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह से भी मुलाकात की और ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अन्रोध किया

मुख्यमंत्री ने डिफेंस से सम्बन्धित उपकरणों के प्रोडक्शन के लिए इस क्षेत्र की फर्मों को प्रदेश में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के साथ ही डिफेन्स प्रोडक्शन पार्क की स्थापना के सम्बंध में भी कार्य योजना बनाये जाने की बात कही

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा अन्भाग के सचिव अमित नेगी ने यह जानकारी दी

सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दिव्यांगता समिति हरिद्वार में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति का गठन किया गया हण समिति के माध्यम से जिले में दिव्यांगजनों की समस्याओं और शासन प्रशासन से दी जाने वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जायेगी समिति की बछक हर महीने जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से थे योजित की जायेगी समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे यह समिति दिव्यांग व्यक्तियों के प्नर्वास और सशक्तिकरण से सम्बन्धित मामलों पर जिला प्रशासन को सलाह देगी साथ ही अधिनियम के नियमों और उपनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी